केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है

हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम आदमी को सक्षम और नैतिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है और अगले दो वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार होंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सड़क सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है इसके अलावा बैठक में वर्तमान वित्त वर्ष के वार्षिक बजट की लंबित घोषणाओं को लागू करने और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग में नियुक्त जलरक्षकों को नियमित करने सहित कुछ अन्य अहम फैसले लिए जा सकते हैं

राज्यपाल आचार्य देवव्रत समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी कार्यक्रम में प्रदेशभर से एक हजार से अधिक किसान भाग ले रहे हैं इस बीच सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कल प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती प्रदेश को आने वाले समय में एक नई पहचान देगी सैजल ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है प्रैसनोट हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि चंबा जिले के चुराह क्षेत्र को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा चुराह के सुखधार में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रही है हंसराज ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का डेढ वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इस दौरान प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हुआ है उन्होंने समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए युवाओं से नशाखोरी के खिलाफ आगे आने का आग्रह किया डीसी कांगडा कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा है कि धर्मशाला के दाड़ी में ईवीएम भंडारण भवन निर्मित किया जाएगा इसके लिए भूमि चयनित की गई है और भवन निर्माण का डिजाईन भी तैयार कर लिया गया है उपायुक्त ने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और इससे बनने से ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मानसून से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल पहुंचा मानसून पांच से झमाझम बारिश

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल पहुंचा मानसून मैदानी क्षेत्रों को करना पड़ेगा दो दिन इंतजार

जबकि आपका फैसला लिखता है हिमाचल के कई जिलों में मानसून की दस्तक पंजाब केसरी ने खबर दी है हाईकोर्ट ने बस हादसे रोकने को मांगे सुझाव अमर उजाला का शीर्षक है सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हिमाचल सरकार से तलब की रिपोर्ट जबकि दैनिक भास्कर का कहना है ड्राइविंग स्कूलों में लगेंगी बायोमीट्रिक मशीनें नहीं बना सकेंगे फर्जी लाइसेंस दैनिक जागरण की एक खबर है मैं गरीब हूं का शपथपत्र न देने वाले होंगे बीपीएल सूची से बाहर

हिमाचल में हैंडपंप लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध शीर्षक से अजीत समाचार लिखता है गिरने भू जल स्तर को देखते हुए उठाया कदम हिमाचल दस्तक ने खबर दी है जलरक्षकों व जलशक्ति पर आज फैसला लेगा मंत्रिमंडल

अमर उजाला के मुताबिक मंत्रिमंडल बैठक आज सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला संभव

नमस्कार